गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को कहा है मंत्रालय ने कोविड उन्नीस के प्रकोप से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और आवश्यक कदम उठाने को कहा है न्यायालय ने देशभर में राहत शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए प्रर्याप्त चिकित्सा सुविधा भोजन स्वच्छ पेय जल और साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा है केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आश्वस्त किया है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है एक विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार मौजूद है

यहां से क्या संदेश दिये गये है कि लॉकडाउन का उस पर असर न पड़े और कटाई जो है निर्वाध रूप से होती रहे उत्तर जहां तक कृषि और फसल कटाई का सवाल है सब जानते है कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि को किसी भी प्रकार का नुकसान लॉकडाउन में न हो ये सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए फसल कटाई के लिए किसान को खेतीहर मजदूर को और उसमें लगने वाली जो मशीनें है उन सबकी आवाजाही को अनुमति दी गई है जिससे फसल कटाई प्रभावित न हो प्रश्न क्या नरेगा के बारे में भी कोई प्लान बन रहा है उत्तर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास पैसा हो इस पर केन्द्र सरकार ने पर्याप्त बल दिया है

ये त्रिमूलक काम मनरेगा के अंतर्गत चल रहे हैं तेल वितरण कंपनियां अभी तक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के सात करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में पांच हजार छह सौ छह करोड़ रूपये हस्तांतरित कर च्रकी हैं इस महीने में लाभार्थियों ने एक करोड़ छब्बीस लाख सिलेंडरों की ब्रुकिंग की है जिसमें से लगभग पचासी लाख सिलेंडरों की आपूर्ति की जा चुकी है लॉकडाउन की अवधि में प्रतिदिन पचास लाख से लेकर साठ लाख सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर आठ हजार चार सौ सैंतालीस हो गयी है इस महामारी से अब तक दो सौ तिहत्तर मरीजों की मौत हुई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सात सौ पैंसठ लोग संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोविड उन्नीस महामारी की रोकथाम के लिये भारत सरकार के प्रयास कारगर रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ समन्वय से केन्द्र निजी सुरक्षा उपकरण मास्क परीक्षण किट और वेंटिलेटर की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है समुचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए अब तक पांच सौ छियासी कोविड उन्नीस अस्पताल स्थापित किए गए हैं

प्रदेश के ग्यारह जिलों में कोरोना वायरस के चौंसठ मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से चौवालीस रोगियों का राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है अब तक बाईस मरीज ठीक हो चूके हैं सीवान बेगूसराय और नवादा सहित सात संवेदनशील जिलों को संक्रमण मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पन्द्रह टीमें तैनात की गई हैं राज्य सरकार ने नौ मेडिकल कॉलेजों में त्वरित कार्रवाई दल गठित किए हैं ताकि राज्य के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के पॉजिटिव मामलों का पता लगाया जा सके इसके अलावा इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों की जांच के लिए भी छियासी हजार से ज्यादा आशा और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है समस्तीपुर और मुंगेर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले छह सौ से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया है नवादा के मेस्कौर प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने पंचायत के तीन किलोमीटर तक के क्षेत्र को सील कर दिया है शिवहर जिला से कोविड उन्नीस संक्रमण की जांच के लिए भेजे गये सभी चौदह सैंपल निगेटिव पाये गये हैं जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया है कि जिले में अब तक एक भी मरीज नहीं मिला है शिवहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने को लेकर नगर पंचायत और फायर ब्रिगेड की टीम के माध्यम से सैनेटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है पश्चिम चम्पारण के कुमारबाग में पुलिस प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों को मास्क का वितरण किया गया इसके साथ ही बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को लॉक डाउन का पालन करने के लिए कहा गया अररिया की पुलिस अधीक्षक धूरत सायली ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिले के सभी थानाध्यक्षों को विदेश से आये लोगों का सर्वे कराने को कहा है भागलपुर पुलिस लाईन के मुख्य द्वार पर सैनेटाईजर टनल लगाया गया है जिससे पुलिस लाईन प्रवेश से पहले ही जवानों का सैनिटाईजेशन होगा केन्द्र सरकार ने इक्कीस दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है पिछले उन्नीस दिन में लोगों ने भी पूरा सहयोग कर एक उदाहरण पेश किया है इस दौरान खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की कमी की कोई भी घटना सामने नहीं आई है

जहां एक और प्राइवेट सेक्टर में तमाम कर्मचारियों को वर्क फरोम होम या अवकाश पर रखा है वहीं दूसरी तरफ चिकित्साकर्मी सुरक्षा बल सफाईकर्मी रेलवे कर्मचारी नागरिक उड्डयन कर्मचारी रोजमर्रा के सामान मुहैया कराने वाले किसान दुकानदार से लेकर डिलीवरी ब्याइज तक अपने अथक प्रयासों से यह सुनिश्चित करने में जुटे है कि कोरोना के खिलाफ देशव्यापी मुहिम में भारत जीते इन सारी कड़ियों को जोड़े हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के अपने सतत प्रयास जारी रखे है कि संसाधनों की कोई कमी न हो गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में भले ही हमारे आम परिचालन पर पावंदियां जरूर हो लेकिन हमारी जरूरतें लॉक न रहें आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों से कहा है कि फसल कटाई के काम पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों और खेतीहर मजदूरों को फसल काटने में कोई दिक्कत न आये स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी की सेवाएं फिर से शुरू हो गयी हैं कोविड उन्नीस महामारी के बाद प्रदेश को अस्पतालों में दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज बंद था भाजपा ने कोरोना महामारी के बारे में किसी तरह की जानकारी या मदद के लिए देश के सभी राज्यों में हेल्पलाईन सेन्टर का गठन किया है प्रदेश में पार्टी के विधायक संजीव चौरसिया को प्रभारी बनाया गया है लोग इनसे हेल्पलाईन नम्बर नौ चार तीन एक शून्य दो शून्य एक एक शून्य पर सम्पर्क कर सकते हैं कोविड उन्नीस महामारी से लड़ाई के दौरान बैंक लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आगे आ रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग क्षेत्र ने कई प्रयास किए हैं

लाइफ्स को बचाना प्राथमिकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी व्यवस्था चल रही है वो इसी बात को ध्यान में रखें जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसमें तीन चार बडे फैसले सरकार ने लिये

तीसरा जो बड़ा एनाउंसमेंट था तीन महीने तक जो गैस सिलेण्डर उसको भारत सरकार प्रोवाइड करेगी वो पैसा भी डायरेक्ट वेनिफिट ट्रांस्फर द्वारा खातों में चला गया

तो हमारी शाखायें काम कर रही हैं जैसे पहले काम करती थीं कोरोना वायरस से पहले सारे हमारे एटीम्स चल रहे हैं नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर और परामर्शदाता डॉक्टर एके वार्ष्णेय ने कहा है कि डॉक्टर की सलाह के बिना लोगों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन या अन्य मलेरियारोधी दवा नहीं लेनी चाहिए बाईट जो क्लोरोक्विन की बात है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात है ये दवा खुद किसी व्यक्ति को भी नहीं लेना है ये सिर्फ गंभीर रूप से जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए है या स्वास्थ्यकर्मी जो लगातार बीमार व्यक्तियों के सम्पर्क में आ रहे हैं उनके लिए एहतियात दी जाती है

इस पोर्टल से कोरोना वायरस के मद्देनजर मंत्रालय के तहत किये गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी श्री निशंक ने कहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से सभी संस्थान दो तरफा संचार माध्यम के जरिए सीधे तौर पर मंत्रालय से ज़ुड़ सकेंगे ताकि मंत्रालय उन सभी संस्थाओं को हर प्रकार की सहायता तुरंत उपलब्ध करा सके केन्द्र सरकार ने कहा है कि कुत्ता और बिल्ली जैसे पालतू जानवरों से कोविड उन्नीस फैलने की खबरें निराधार हैं पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इन पालतू जानवरों से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है या ऐसा संभव है कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यदि खांसी या बिना किसी परेशानी के कोई व्यक्ति दस सैकेंड या उससे अधिक समय तक सांस रोक ले तो इसका मतलब वह नोवेल कोरोना वायरस से मुक्त है पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर इस दावे को भ्रामक बताते हुए कहा है कि यह सही नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम है तो उसे वायरस का संक्रमण नहीं है एक अन्य खबर में यह दावा किया गया है कि ज्यादा तापमान में रह कर कोविड उन्नीस से बचा जा सकता है ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उच्च तापमान कोरोना वायरस को दूर रखता है गर्म मौसम वाले देशों में भी कोविड उन्नीस के मामले सामने आए हैं केन्द्र सरकार ने लोगों से इस प्रकार की अफवाहों से गुमराह नहीं होने को कहा है